उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य शिक्षा को प्रौद्योगिकी से जोड़ना है स्ट्रडेंट्स को अपने मनपसंद सब्जेक्ट पढ़ने की ज्यादा आजादी मिले इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मल्टी डिसीप्लेपनरी बनाया गया सब्जेक्ट की फलैक्सीबिलिटी दी गई है मल्टीपल एंट्री एंड एक्जिट के अवसर दिये गये है और सबसे अहम देश की नई एजुकेशन पॉलिसी एजुकेशन को टैक्नोलॉजी से जोड़ेगी टैक्नोलॉजी को हमारे स्टूडेंट्स की थिंकिंग का इंटीगल पार्ट बनाएगी यानी स्टूडेंट्स टैक्नोलॉजी के बारे में भी पढ़ंगे और टैक्नोलॉजी के जरिये भी पढ़ेगे एजुकेशन में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंसी का इस्तेमाल हो ऑनलाइन लर्निंग बढ़े राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसके रास्ते खोल दिये गये है प्रधानमंत्री ने कहा कि इस नीति के तहत राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी शिक्षा नीति मंच स्थापित किया जा रहा है श्री मोदी ने कहा कि शोध के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पर्याप्त प्रावधान किये गये हैं इसके लिए धन उपलब्ध कराने की भी व्यवस्था की गई है बाइट रिसर्च कोलैबरेशन और स्टूडेंट्स एसेस प्रोग्राम को भी प्रमोट किया जाएगा फौरन यूनिवर्सिटीज में हमारे स्टूडेन्ट्स जो क्रेडिट एक्वॉयर करेंगे वो भी अब देश के इंस्टीट्यूशन में काउंट हो सकेंगे इतना ही नहीं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भारत को ग्लोबल एजुकेशन डेस्टीनेशन के तौर पर भी इस्टेब्लिस करेगी

ये विधेयक आज राज्यसभा से पारित हो गया जबकि लोकसभा पहले ही इसे पारित कर चुकी है

राज्यसभा ने आज इस विधेयक को मंजूरी दी जबकि लोकसभा से ये पहले ही पारित हो चुका है इस विधेयक में केन्द्र सरकार को केवल युद्ध और अकाल जैसी असाधारण परिस्थितियों में ही कुछ खाद्य वस्तुओं की आपूर्ति को विनियमित करने की अनुमति दी गई है

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश में यमुना एक्सप्रेस वे पर ग्रेटर नोएडा में बनने वाली फिल्म सिटी विश्व के लिये एक उदाहरण बनेगी

उन्होंने कहा कि प्रयास होगा कि इसे सर्वोत्तम डेडीकेटेड इंफोटेनमेंट जोन के रूप में विकसित किया जाये उन्होंने कहा कि आने वाला समय ओटीटी और मीडिया स्क्रीनिंग का है मुख्यमंत्री आज प्रदेश में बनने वाली फिल्म सिटी को लेकर लखनऊ में सिनेमा जगत की बड़ी हस्तियों से मुखातिब थे मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश भारतीय संस्कृति सभ्यता और समृद्ध परम्परा का सबसे महत्वपूर्ण केन्द्र है उन्होंने कहा कि यमुना एक्सप्रेस वे जहां यह फिल्म सिटी विकसित करने का विचार है वह भारत के ऐतिहासिक पौराणिक इतिहास से संबद्ध है और यह हस्तिनापुर का क्षेत्र है

फिल्म सिटी विकास से संबंधित इस बैठक में सिनेमा जगत के अनुपम खेर परेश रावल उदित नारायण नितिन देसाई कैलाश खेर अनूप जलोटा अशोक पंडित सतीश कौशिक राजू श्रीवास्तव सहित अनेक दिग्गज मौजूद थे कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने प्रस्तावित फिल्म सिटी के बारे में अपने अपने विचार रखे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

मुख्यमंत्री ने कहा कि दोनों जनपदों में संक्रमण को नियंत्रित करते हुए रिकवरी दर को बेहतर किया जाये

उन्होंने कहा कि हर जनपद में इंटीग्रेटेड कंट्रोल और कमांड सेन्टर को पूरी सक्रियता से कार्यशील रखा जाये

मंत्रालय ने कहा है कि केन्द्रो की टेस्ट ट्रैक ट्रीट नीति क कारण प्रभावी परिणाम सामने आ रहे हैं और मृत्युदर में कमी आई है

कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कल लोकसभा में जानकारी दी कि मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने गेहूं चना मसूर सरसों ज्वार और कुसम फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दी है

श्री तोमर ने बताया कि सरकार ने पिछले छह वर्षों में सरकारी खरीद के लिए किसानों के लिए लगभग सात लाख करोड़ रुपये की राशि मंजूरी की है आकाशवाणी लखनऊ केन्द्र से जुड़े लोक संगीत के ए ग्रेड के कलाकार रामचन्द्र दुबे का बीमारी के चलते आज कानपुर में निधन हो गया